प्रधानमंत्री ने लैंडर विक्रम का धरती से सम्पर्क टूटने के कुछ घंटे बाद बेंगलुरु में इसरो केन्द्र में राष्ट्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बाधाओं से उबरकर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शो में शामिल है उन्होंने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराश करने वाले क्षण आए हैं लेकिन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश कठिन परिस्थितियों से उबरा है और अदृभुत कार्य किये हैं हमें पीछे मुड़कर निराश नहीं होना है हमें सबक लेना है सीखना है आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य्य की प्राप्ति तक रूकना नहीं है हम निश्चित रूप से सफल होंगे हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आनंदित होने के अनेक अवसर आएंगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती है तब हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभी होना है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की

बेंगलुरू में इसरो के नियंत्रण केन्द्र ने बताया है कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया निर्धारित दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी रह जाने तक सामान्य थी इसके बाद उसका धरती से सम्पर्क टूट गया प्रधानमंत्री श्री मोदी भी इस प्रक्रिया को देखने के लिए इसरो के नियंत्रण केन्द्र में मौजूद थे सत्तर स्कूली बच्चों को भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था इनका चयन देशभर में अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी के जरिये किया गया था इसरो के मिशन नियंत्रण केन्द्र की विज्ञप्ति में बाद में बताया गया कि लैंडर का भू केन्द्र से सम्पर्क ट्रटने के कारणों का पता लगाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है इससे पहले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लैंडर से उनका सम्पर्क टूट गया है मुख्यमंत्री घोषणा प्रदेश में फूड़ प्रोसेसिंग लघु वनोपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए अब सस्ती दरों पर भूमि पूंजी ब्याज अनुदान और करों में छूट दी जाएगी इसके लिए अगले दो माह के भीतर नई नीति तैयार की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में यह बात कही उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की दरों में तीस प्रतिशत की कमी और औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण शुल्क में भी रियायत दी जाएगी उद्योगों की स्थापना के लिए सभी अनुमतियां सिंगल विन्डो प्रणाली के जरिये दी जाएंगी तथा दस वर्ष से अधिक अवधि से संचालित दो हेक्टेयर क्षेत्र तक के उद्योगों की भूमि को फ्री होल्ड भी किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के साथ व्यवसाय और उद्योगों की उन्नति के लिए संकल्पित है प्रदेश में कोर सेक्टर स्टील और सीमेंट से संबंधित उद्योगों को अब प्रतिबंधित सूची से हटाया जाएगा श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में एक श्रमिक होने पर भी छोटे व्यापारियों को गुमास्ता लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है जिसे बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरों की संख्या दस की जाएगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज तखतपूर में आयोजित समारोह में यह घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि तखतपुर में शासकीय कन्या महाविद्यालय और सकरी में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग को भी प्ररा करने के लिए अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा उन्होंने तखतपुर महाविद्यालय में दुग्ध डेयरी उत्पाद संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की

राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है इसके तहत नौ प्रकार की भूमि डायवर्सन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अब सक्षम प्राधिकारी होंगे राजस्व विभाग ने सभी संभागीय कमिश्नरों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर संशोधित प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं आईएएस तबादला राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों के प्रभार बदल दिए हैं आदेश के मुताबिक सचिव सोनमणि बोरा को उच्च शिक्षा के साथ साथ पर्यटन और संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा गया है प्रमुख सचिव रेणु पिल्ले अब उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी उनके पास कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग और महानिदेशक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का प्रभार यथावत् रहेगा वहीं जल संसाधन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत को पर्यटन और संस्कृति विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है

इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य होंगे मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए बैठक में अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण दो अक्टूबर से इकतीस दिसंबर के दौरान किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कल रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागृह में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर श्री बघेल मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ई एजुकेटर्स और डिजिटल नवसाक्षरों को आखर सम्मान प्रदान करेंगे वहीं साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कल से चौदह सितम्बर तक साक्षर सप्ताह का आयोजन किया जाएगा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक एस प्रकाश ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित संबंधित अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं साक्षरता सप्ताह के पहले दिन राज्य जिला विकासखण्ड नगरीय निकाय और पंचायत स्तर पर सुबह आठ बजे साक्षरता ध्वज का ध्वाजारोहण तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में साक्षरता रैली और सभा भी आयोजित की जाएगी इसी तरह प्ररे सप्ताहभर साक्षरता से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की दूसरी कड़ी का प्रसारण कल आठ सितंबर को होगा लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफ एम चैनलों और राज्य के क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा लोकवाणी में इस बार का विषय युवा और शिक्षा रखा गया है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में बेमेतरा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी बारिश प्रदेश में इन दिनों हो रही व्यापक वर्षा से कई नदी नाले उफान पर हैं वहीं निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर जाने से आम जन जीवन पर भी असर पड़ा है जगदलपुर में तेज बारिश के कारण मकान के ढहने से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है बीजापुर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से इंद्रावती सहित अन्य नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिला मुख्यालय से कई गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है समुद्र तल से एक द्रोणिका गुजर रही है इसके प्रभाव से बीते चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है